प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो के पूरे दल को बधाई दी है

आयोग शनिवार को अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है

इससे केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए मध्यावधि संसाधन योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी

बीकानेर नगर निगम में भाजपा ने अपना उपमहापौर भी जिताने में सफलता प्राप्त कर ली है उदयपुर में भी भाजपा का डिप्टी मेयर बना है वहीं भरतपुर में कांग्रेस पार्षद उप महापौर चुना गया है

इनमें से चार में कांग्रेस और एक में भाजपा का उपाध्यक्ष चुना गया है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति कोविंद छह दिसम्बर को आबूरोड स्थित ब्रहमाकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अगले दिन सात दिसम्बर को वे जोधपुर में उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे साथ ही एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के संबंध में आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सिरोही उदयपुर तथा जोधपुर के जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

दो दिन के इस सत्र में देष के संविधान पर विषेष चर्चा होनी है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोषी ने आज विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत नगरीय विकास मेंत्री शांति धारिवाल प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य दलों के नेता शामिल हुए

मुख्यमंत्री ने ओसियां मथानिया गौण मंडी यार्ड को स्वतंत्र मंडी बनाने की स्वीकृति दे दी असंगठित कामगारों के लिए शुरु की गई पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ने के लिए श्रम विभाग द्वारा कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में इन योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के अलावा पंजियन की व्यवस्था भी की गई है

इसमें आम लोगों को उद्योग धंधे शुरू करने के साथ ही रोजगार सुजन और लोन संबंधी जानकारी दी गई

करौली में आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय का निरीखण कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए